प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार ने आज अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है

उन्होंने इसे दिवाली पर कर्मचारियों के लिए सरकार का तोहफा बताया

नड़डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और पूरी दुनिया भारत को सम्मान की नजर से देखती है उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष पर पहुंच कर उन्हें गौरव महसूस हो रहा है और इसका श्रेय भाजपा के मेहनतकश कार्यकर्त्ताओं को जाता है जगत प्रकाश नड़डा ने कहा कि अन्य पार्टियों को छोड़ कर भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है उन्होंने कहा कि वे इस नई जिम्मेदारी को बख्बी निभाने का प्रयास करेंगे

उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बागडोर मिलना गौरव की बात है पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार मंत्रिमंडल के सदस्य महेंद्र सिंह सरवीण चौधरी व बिक्रम ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा किशन कपूर और भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित अन्य पार्टी नेता भी इस मौके मौजूद रहे इस बीच बिलासपुर से मंडी जाते हुए विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्त्ताओं ने जगत प्रकाश नड्डा का जोरदार स्वागत किया जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुली कार में रोड़ शो करते हुए सलापड़ से मंडी पहुंचे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वच्छता व प्लास्टिक मुक्त अभियान को और प्रभावी बनाने पर बल दिया है कल शाम कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में सांस्कृतिक संध्या के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना जरूरी है और इसके लिए लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में आज रात भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं गोविंद ठाकुर कुल्लू जिला देवी देवता कारदार संघ ने आज कुल्लू में वन मंत्री गोविंद ठाकुर के साथ भेंट कर देव समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार देव समाज की समस्याओं के प्रति गंभीर है कारदार संघ के जुड़े मुद्दों पर उचित निर्णय लिया जाएगा कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस ने पच्छाद उपचुनाव में भाजपा पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पच्छाद क्षेत्र में कथित रूप से पाईपों से भरा ट्रक पकड़ा गया है और इसे क्षेत्र के एक गांव में लोगों को बांटा जाना था राठौर ने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है और इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी

प्रदेश की फिल्म नीति के संबंध में उनसे बातचीत करने आज शिमला आए देश के फिल्म निर्माता संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलमीत मक्कड़ के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि फिल्म नीति में फिल्म निर्माताओं के लिए कई आकर्षण रखे गए हैं डाक दिवस आज विश्व डाक दिवस है

विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है

हिमाचल की मुख्य महा डाकपाल समिता कुमार ने बताया कि इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे मौसम लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू और चम्बा जिलों की ऊंची चोटियों पर आज हल्का हिमपात हुआ मनाली के निकट पर्यटन स्थल मढ़ी में भी हल्का हिमपात हुआ है इस हिमपात से ठंड बढ़ गई है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज दोपहर वर्षा हुई मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है स्वीप मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत राजगढ़ में आज एक रैली निकाली गई नोडल अधिकारी विवेक नेगी ने लोगों से उपचुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया इस दौरान मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जानकारी भी दी गई मेघावी उत्सव किन्नौर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जंगी में आज मेधावी किन्नौर उत्सव मनाया गया जनजातीय विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया